प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर कल कैच द रेन वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से करेंगे शुभारंभ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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अगर वैक्सीनेशन के पात्र है तो टीका जरूर लगवाएं

आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई

एयरपोर्ट बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच की जायेगी सभी जिला कलेक्टरों को संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था भी पुनः शुरू करनी होगी प्रदेश में प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे

मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न त्यौहारों पर आम लोगों द्वारा बरती गई सावधानी और सहयोग की सराहना करते हुये कहा कि आगामी सभी त्यौहारों पर लोग भीड़भाड़ से बचें और कोविड प्रोटोकॉल की लगातार पालना करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी मिलने पर एक ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है श्री बिरला का दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार चल रहा है उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी ट्वीट कर श्री बिरला के जल्द ठीक होने की कामना की है

भारत कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में शामिल है प्रदेश में भी जारी कोविड टीकाकरण कार्यकम के तहत कल जयपूर में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जायेगी इस बीच राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के छियासी नये मामले सामने आये है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है

वर्षा जल संचय अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जायेगा और इसका नारा होगा जहॉ भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें

लोगों के सहयोग से गांव गांव में यह जन आंदोलन चलाया जायेगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल स्तर बेहतर बने भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ ग्राम पंचायत से किशोर कुमार शर्मा का चयन जल शक्ति अभियान के उदघाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत के लिये किया गया है इस ग्राम पंचायत की शक्करगढ मॉडल के रूप में प्रदेश और देश में एक पहचान है विश्व जल दिवस के अवसर पर अपने संदेश में जलदाय मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने प्रदेशवासियों से कहा है कि बेहतर कल के लिये पानी की बचत और जल संरक्षण को मिशन बनाकर सकिय भागीदारी निभायें

आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सकेगा उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया

विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर में आलनपुर नर्सरी में पंचफल वृक्षारोपण किया गया इस अवसर पर दौसा में ट्रैक्टर और मोटर साईकिल पर रैली निकालकर पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया बीकानेर के सुजानदेसर में भी पौधरोपण किया गया

आम लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं की ऑनलाईन उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है उन्होने कहा कि आई टी आधारित पेपरलेस गर्वनेन्स आज के समय की जरूरत है मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा वन दिवस और कविता दिवस पर भी ट्वीट कर अपनी भावनायें व्यक्त कीं

ये हादसा खेलने के दौरान हुआ बच्चे खेलते हये अनाज भरने की टंकी में उतर गये जिसका ढक्कन बंद होने के बाद दम घुटने र्स उनकी मृत्यु हो गई इनमें से चार बच्चे एक ही परिवार के थे उधर नागौर जिले के कुचेरा में बुटाटी के पास आज एक पिकअप के पलटने से दो लोगों की मौत हो गई और बीस अन्य घायल हो गये

वहीं टोंक के बहीर क्षेत्र में नाड़ी में ड्रबने से एक बच्चे की मौत हो गई

हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि कल से शुरू हुये इस आयोजन में विविध कार्यक्रम हो रहे हैं

इसे देखते हये मौसम विभाग ने येलो और औरेन्ज अलर्ट जारी किया है विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और मेघ गर्जन की संभावना है उन्होने कहा कि किसान रबी की तैयार फसल का उचित भण्डारण सुनिश्चित करें